शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने आज विधानसभा में फिर कहा कि पिछली सरकार द्वारा बंद किये स्कूलों को नये सत्र से फिर शुरू किया जायेगा एक प्रश्न के जवाब में श्री डोटासरा ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के नियर्मो के विपरीत जो विद्यालय बंद किये गये उनकी समीक्षा कर उन्हें फिर शुरू करने की कार्यवाही की जा रही है उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे विद्यालय भवन जो खाली पड़े हैँ उनके उचित उपयोग के बारे में भी जल्द ही कोई निर्णय किया जायेगा शिक्षा राज्यमंत्री ने सदस्यों से भी अपील की कि वे भी इसके लिए अपने सुझाव दें

इनमें से पहला दल जोधपुर तथा जैसलमेर दूसरा दल श्रीगंगानगर तथा बीकानेर जबकि तीसरा दल जालौर तथा बाड़मेर जिलों में जाकर प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं बाड़मेर में आज केन्द्रीय दल ने जिले में टिड्डी दल के हमले से फसलों को हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली

इधर कृषि मंत्रालय और टिड्डी चेतावनी संगठन ने टिड्डियों के दुबारा हमला होने पर हवाई हमले की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है

आज राजसमंद में आयोजित समारोह में सांसद दियाकुमारी ने इसका शुभारंभ किया इस मौक ेपर सांसद ने डिजिटल तकनीक से लैस मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

श्री जोशी ने प्रश्नकाल में शराबबदी संबंधी एक प्रश्न पर प्रतिपक्ष के नेता द्वारा इस मामले में ढिलाई बरतने की बात कहे जाने के बाद ये निर्देश दिये इससे पहले कांग्रेस विधायक इंद्रा मीणा के प्रश्न के जवाब में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने सदन को बताया कि प्रदेश में शराबबंदी की कोई मंशा नहीं है

पर्यावरणविद विजयपाल बघेल के नेतृत्व में यह यात्रा कल जयपुर पहुंची श्री बघेल ने बताया कि देश में प्रदूषण से बचाव का एकमात्र उपाय ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बनाया जाना जरूरी है और इस बारे में जनजागरूकता के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है

इसी कम में केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से कल जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में असम फूड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा इसमें असम के विभिन्न व्यंजनों को परोसा जाएगा

जियोलॉजिकल सर्वे आफ इँडिया में वरिष्ठ वैज्ञानिक राजर्षी धर भी असम से हैं उन्होंने आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में राजस्थान के खानपान और लोक संगीत की प्रशंसा की

राज्य के मेडिकल कॉलेजों तथा जिला अस्पतालों में संदिग्ध मरीजों के लिए बैड आरक्षित किए गए हैं